कल दूसरी रेलगाड़ी छात्रों को लेकर धनबाद आएगी

बैठक में कृषि बाजार अतिरिक्त उपज का प्रबंधन किसानों तक संस्थागत ऋण और कृ षि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त करने पर विचार विमर्श किया गया है प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में प्री मूल्यवर्धन श्रृंखला का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने पर बल दिया बैठक में कृषि अर्थव्यवस्था कृषि व्यापार में पारदर्शिता और किसानों तक अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए किसान उत्पादक संगठन की भूमिका मजबूत करने का फैसला किया गया

ई कॉमर्स के प्लेटफार्म ई नाम को सशक्त बनाने पर भी विचार विमर्श किया गया

केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि देशभर में दो सप्ताह के लिए आगे बढ़ाने के बाद ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में आने वाले कम जोखिम वाले जिलों में प्रयाप्त रियायतें दी जाएंगी गृहमंत्रालय ने इस संबंध में कल नये दिशानिर्देश जारी किये हैं

ऐसे जिले जो रेड अथवा ग्रीन क्षेत्र में नहीं आयेंगे उन्हें ऑरेंज क्षेत्र समझा जाएगा रेड क्षेत्र ऑरेंज क्षेत्र और ग्रीन क्षेत्र में आने वाले जिलों की सूची स्वास्थ्य मंत्रालय साप्ताहिक आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करेगा

श्री जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष केवल दोषारोपण में लगा हुआ है क्योंकि उसके पास विचार विमर्श का कोई मुद्दा नहीं है

रांची जिला प्रशासन ने विशेष रेलगाडी से भेजे गये विद्यार्थियों के आगमन को लेकर पूरी तैयारी की थी

एक अन्य रेलगाडी छात्रों को लेकर कल धनबाद पहंचेगी स्क्रीनिंग के बाद इन छात्रों को अपने घर बसों के माध्यम से पहंचाया जायेगा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि प्रवासी मजदूर छात्र और अन्य लोग जो झारखंड या अपने प्रदेशो में लौट रहे हैं उन्हें सावधान रहना होगा अगर वो साक्धानी नहीं बरतेंगे तो खतरनाक साबित हो सकता है उन्हें पूरी तरह गृह और स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना होगा श्री मुंडा ने मारवाड़ी युवा मंच आदिवासी मुंडा समाज भारत मुंडा समाज और कई अन्य संगठनों से यह बात कही श्री मुंडा ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड एवं ओडिशा के लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित देश में हो रहे कार्यो के बारे में जानकारी ली

पीआईबी ने एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के भत्तों में किसी भी तरह की कटौती नहीं करने जा रही है यह ट्वीट एक मीडिया रिपोर्ट का फैक्ट चेक था जिसमें ऐसी अटकल लगाई गई थी कि कोरोना वायरस संकट के कारण सरकार ऐसा कदम उठाने की योजना बना रही है

नीति आयोग के सदस्य और आपात चिकित्सा प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल परिचर्चा में भाग लेंगे

इससे पहले सभी के स्वास्थ्य की जांच की गयी और उन्हें खादयान भी उपलब्ध कराया गया सभी मजदूरों को हिदायत दी गयी है कि वे होम कोरेनटाइन में रहेंगे और समय समय पर जिला प्रषासन द्वारा उनके स्वास्थ्य की जांच करायी जाएगी चतरा के मजदूरों को शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्थापित अस्थाई कैंप में सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जोंच की गयी कोरोना संक्रमण को ले स्क्रीनिंग करने के बाद सभी मजदूरो को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में अगले अट्ठाईस दिनों तक होम कोरोंटाईन में रहने की सलाह दी गयी

उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि अन्य राज्यों से जिन लोगों को दुमका लाया जा रहा है उनके लिए जिला और प्रखंड स्तर पर सेंटर बनाये गये है यहां पहंचने पर सभी के स्वास्थ्य की जांच की जायेगी आज सभी प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन रामगढ़ द्वारा खादयान मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया

उपायुक्त ने सभी ग्रामीणों से अपील की है कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों का सभी ग्रामीण सहयोग करें उन्हें किसी प्रकार से परेशान ना करें

जिला प्रशासन के द्वारा उन सभी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कराई गई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

यह संस्था लिड्स राँची के सहयोग से उन ग्रामीणों को चिह्नित कर राशन सामग्री उपलब्ध करा रही है जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं

प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है

पलामू जिले की छत्तरपुर थाना क्षेत्र के रूद गांव से आज प्रतिबंधित भाकपा माओवादी उग्रवादी संगठन का एक सक्रिय सदस्य रितिक कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है

समाप्त